त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी आईपीएफटी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा की सरकार से सत्ता हथिया ली है नागालैंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है भाजपा और उसकी सहयोगी एनडीपीपी सरकार बनाने की दिशा में अगसर है जबकि मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा के आसार दिखाई दे रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा नागालैंड और मेघायल के चुनाव परिणाम के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत एक नये युग की शुरूआत है प्रधानमंत्री ने कहा कि शून्य से शिखर तक का यह सफर विकास के ठोस एजेंडे और पार्टी संगठन की ताकत को बदौलत हुआ है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा और अन्य राज्यों में भाजपा को मिली जीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार की नीतियों का परिणाम है भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन चुनावों से हमारा मनोबल बढ़ा है और हम निश्चित रूप से आगे के चुनाव में भी विजय हासिल करेंगे त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा की सफलता के बाद आज लखनऊ में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में जश्न का माहौल था

उन्होंने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व का परिणाम है उधर वाराणसी में भी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुलाब बाग स्थित पार्टी कार्यालय में खुशी मनाई कार्यकताओं ने एक दूसरे को मिठाईयां खिलाई इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष दर्शना सिंह भी मौजूद थी त्रिपुरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व जीत का पार्टी नेताओं ने स्वागत किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास की जीत है उन्होंने कहा कि अब उम्मीद की जाती है कि त्रिपुरा में माफियाराज समाप्त होगा और लोकतंत्र की मजबूती के साथ राज्य विकास के पथ पर अग्रसर होगा भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री वीरेन्द्र तिवारी और यशवंत सिंह ने त्रिपुरा में पार्टी की जीत के लिए कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को बधाई दी है श्री वीरेन्द्र तिवारी ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री के करिश्माई नेतृत्व उनकी लोक कल्याणकारी नीतियों और नये भारत के निर्माण के उनके संकल्प की जीत है श्री यशवंत सिंह ने लखनऊ में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि त्रिपुरा में पार्टी की जीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी महत्वपूर्ण योगदान है

बाइट ये जो इंवेस्टर्स समिट था इसे आप अलग से इवेंटन समझे ये हमारी औद्योगिक नीति का एक हिस्सा है और ये औद्योगिक नीति और औद्योगिक ओर रोजगार नीति इसके माध्यम से हम अलगे चार साल में कम से कम बीस लाख रोजगार का प्रत्यक्ष रोजगार औद्योगिक क्षेत्र में जनरेल करना चाहते हैं और इसमें कम से कम अगले चार साल में हमारा जो लक्ष्य था वो चार लाख करोड़ निवेश मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो हमारे अपेक्षा थी उसके अनुरूप में कार्यक्रम हुआ है इसमें हमें प्राइवेट सेक्टर से भी पब्लिक सेक्टर दोनों से काफी अधिक निवेश प्राप्त होने की संभावना है

पेट्रोल पम्पों पर चिप लगाकर ग्राहकों को कम पेट्रोल देने के मामले प्रकाश में आने पर पेट्रोल कम्पनियां ने पेट्रोल पम्पों पर अत्याधुनिक पल्सर मशीन लगा रही है पीलीभीत जिले म भी पुराने पल्सर उपकरणों को बदल कर नये पल्सर लगाये जा रहे हैं इसके बाद पेट्रोल की घटतौली करना संभव नहीं हो सकेगा

चीनी मिलों के गेट व गन्ना पराई केन्द्रों का अभियान चला करके अभी तक दस चालान विभिन्न धाराओं में दर्ज किये जा चके हैं अभियान चलता रहेगा क्षेत्र के अन्य व्यापारियों के निरीक्षण के दौरान मेरे द्वारा दो सौ अभियोग पंजीकृत किये जा चुके हैं नवीन मंडी स्थल पोलीभीत के अन्तर्गत जांच के दौरान अगर लोहें की डंडी बिना हुक के प्रयोग करते हुए पाये गये तो विधिक कार्यवाही की जायेगी पेट्रोल पम्पों पर घटतौली न हो इसलिए पल्सर बदले जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपूर में जनता दरबार में लगभग डेढ़ सौ लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का आश्वासन दिया इससे पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद अपने ब्रह्मलीन गुरू अवैधनाथ की समाधि पर जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया

परन्तु मथुरा में ब्रज क पचास दिनों के होली कार्यक्रमों के अन्तर्गत आज दाऊजी मंदिर में देवर भाभी की होली हुई होरियारों ने मंदिर में बने रंग की हौदियों से बाल्टियों से रंग निकाल कर दर्शकों पर जम कर रंग फेंका लगभग एक घंटे तक चले इस कार्यक्रम में टेस् से बने रंग का प्रयोग किया गया इसके साथ ही हुरंगा का कार्यक्रम सम्पन्न हो गया बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बुन्देलखंड में पार्टी की पकड़ मजबूत बनाने के लिए जगजीवनराम अहिरवार को बुन्देलखंड क्षेत्र का समन्वयक नियुक्त किया है श्री अहिरवार काल्पी विधानसभा क्षेत्र से लगातार सात वर्षो तक पार्टी नगर पालिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं बिजनौर में लोगों को अब पासपोर्ट बनवाने के लिए बरेली का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा

डाक अधीक्षक एकेत्रिपाठी ने बताया कि फिलहाल प्रतिदिन पचास सामान्य पासपोर्ट बनाने की सुविधा इस केन्द्र पर शुरू की जा रही है उर्दू के महान शायर रघुपत सहाय फिराक की छत्तीसवीं पुण्य तिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धाजंलि दी गई फिराक साहब का जन्म अट्ठाईस अगस्त अट्ठारह सौ छियान्नबे को गोरखपुर में हुआ था उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था उनका निधन तीन मार्च उन्नीस सौ बयासी को हुआ था जौनपुर के सरावां गांव में शहीद स्मारक पर मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाकर फिराक साहब को श्रद्वाजंलि दी गई मुंबई की एक अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक के सेवानिवृत्त मुख्य लेखा परीक्षक विष्णुकांत मिश्र को पीएनबी धोखाधड़ी की जांच पड़ताल के सिलसिले में चौदह मार्च तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया है विष्णुकांत मिश्र पीएनबी की ग्रेडी हाउस शाखा में वर्ष दो हजार ग्यारह से दो हजार पन्द्रह की अवधि के लिए खातों की आडिट के लिए जिम्मेदार था सीबीआई अधिकारियों के अनुसार करीब बारह हजार करोड़ रूपये के धोखाधड़ी के सिलसिले में तलाशी के दौरान मुंबई की एक रिहायशी स्थान से एजेंसी ने गारंटी से संबंधित दस्तावेज बरामद किये उधर अमरीका की एक अदालत ने पीएनबी घोटाले के प्रमुख आरोपी नीरव मोदी की कम्पनी फायरस्टार डॉयमंड से कर्ज वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है कम्पनी ने अपनी याचिका में उसे दिवालिया घोषित करने की मांग की थी

मुख्यमंत्री के जन सनवाई पोर्टल पर शिकायत की गई थी कि बिलासपुर और शाहबाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुख्यालय पर स्थित संस्थान में शिफ्ट करने के लिए लाखों रूपये की हेराफेरी की गई शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को जांच करने का निर्देश दिया उन्होंने जांच के लिए समिति का गठन किया है भाकपा माले ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है दलितों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही है पार्टी द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि होली के दिन बांदा जिले में बिसंडा थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक दलित परिवार के घर आर दुकान पर आग लगा दी और पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की इससे पहले उन्नाव में एक दलित युवती को जलाकर मार डाला गया लखीमपुर खीरी में भी पुलिस की हिरासत में एक दलित की मौत हो गई

समाप्त